इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे

इस दौरान कोविड गाइड लाइन की पूरी पालना की जाएगी जयपुर ग्रेटर जोधपुर दक्षिण तथा कोटा दक्षिण नगर निगमों में मतदान एक नवंबर को होगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने पूरे विश्व में मिसाल पेश की है

प्रधानमंत्री ने देश की जनता से त्यौहारों के दिनों में पूरी सावधानी बरतने की अपील भी की है

आज इन्फेंट्री दिवस है देश को आजादी भिलने के बाद भारतीय सेना ने अपने पहले सैन्य अभियान में आज ही के दिन कश्मीर को कबायलियों के चंगुल से मुक्त कराया था इस मौके पर आज नई दिल्ली में सैन्य बलों के प्रमुख सीडीएस जनरल बिपिन रावत और भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकद नरवणे ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्वांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर शहीदों के बलिदान को याद किया उन्होंने कहा कि सैनिकों के अदम्य साहस कर्तव्य परायणता और सर्वोच्च बलिदान का देश हमेशा ऋणी रहेगा देशभर में आज से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है दो नवंबर तक चलने वाले सतर्कता सप्ताह की थीम है सतर्क भारत समृद्ध भारत प्रत्येक वर्ष सप्ताहभर का यह आयोजन सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में किया जाता है इसके तहत केन्द्र सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों को राजकीय कार्य के दौरान सतर्कता की शपथ दिलाई जा रही है आकाशवाणी जयपुर में केन्द्र प्रमुख आर एस त्यागी ने कर्मचारियों को शपथ दिलाई सप्ताह के दौरान सरकारी कार्यालयों में निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी

हनुमानढ़ जिले में कोरोना संक्रमण के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए महिला और बाल विकास विभाग की ओर से बच्चों को उनके घर पर ही प्रस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी